प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने हरसंभव सहायता देने का दिया भरोसा राज्य भर में कल नौ हजार आठ सौ छियासठ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया अबतक एक लाख से अधिक का हुआ वैक्सीनेशन गुवाहाटी में चले रहे राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स्स चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने चार पदक जीते दीपक टोप्पो ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राज्यसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तााव पर बहस का जवाब देंगे जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे बहस शुरू होगी राज्य सभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस पिछले शुक्रवार पूरी हो गई थी

इसके लिए दस घंटे का समय तय किया गया है

यह विधेयक इस बारे में पहले जारी किये गए अध्यादेश का स्थान लेगा

लोकसभा में आज अगले वर्ष के आम बजट पर सामान्य बहस किए जाने की संभावना है उत्तराखंड के चमोली जिले में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चलाए जा रहे हैं

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राज्य आपदा मोचन बल सशस्त्र सीमा बल भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी और रक्षाकर्मी बचाव और राहत अभियानों में सक्रियता से जुटे हैं वायुसेना ने भी बचाव अभियानों में अपने हेलिकॉप्टर लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमस्खलन के बाद की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है गृह मंत्रालय भी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है पचास पचास हजार रुपये घायलों को दिए जाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चमोली की आपदा पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने ईश्वर से सभी को सुरक्षित रखने की कामना की है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस साल का केन्द्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत के वैश्विक दृष्टिकोण का व्यवस्थित दस्तावेज है उन्होंने पुणे में कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर गरीब किसान महिला युवा और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों का ध्यान रखता है उन्होंने कहा यह प्रत्येक व्यक्ति का बजट है श्री जावड़ेकर ने कहा कि बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए बजटीय प्रावधान भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए मजबूत आधारशिला प्रदान करेंगे केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है इसलिए एक समन्वयक की तरह काम कर रही है कल मुंबई में उद्योगपतियों को बजट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह करदाता के हर रुपये की कद्ग करती हैं और चाहती हैं कि उनके एक एक पैसे उचित इस्तेमाल हो ताकि संपत्ति अर्जित की जा सके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपकर के माध्यम से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालकर अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं कोविड उपकर के बारे में मीडिया के अनुमानों को खारिज करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि वे गलत खबरें थी वित्तमंत्री ने कहा कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं लेकिन भारत ने टिके रहने का रास्ता ढूंढ लिया है इसके लिए उन्होंने देश के नागरिकों को श्रेय दिया

मंत्रालय ने बताया कि इससे फसल बीमा के अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित होगा

यह वृद्धि देश के कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराती है योजना के दायरे को पूरे फसल चक्र तक बढ़ा दिया गया है

इस योजना के तहत देश भर के किसानों को कम से कम प्रिमियम पर अधिक से अधिक जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है कृपोषण उपचार के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्यभर में अव्वल आया है

टीका लेनेवालों में पांच हजार चार सौ संतानबे स्वास्थकर्मी और चार हजार तीन सौ नौ फंटलाइन वर्कर शामिल हैं प्रदेश में अब तक कुल एक लाख छह हजार दो सौ इक्कसीस लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है

मंत्रालय ने बताया कि अब तक एक करोड पांच लाख से अधिक मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं राज्यभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सिर्फ अड़तीस मरीज मिले हैं

अन्य सत्रह जिलों में कल एक भी संक्रमित नहीं मिला

रांची से ही एक संक्रमित की मौत हो गयी

जबकि एक लाख सत्रह हजार पांच सौ आठ मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार अठहत्तर मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव सात तीन प्रतिशत हैं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमशेदपुर शहर के ऑटो और मिनी बस चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चल रहे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ चौथे दिन अपनी पहली पारी में कल के छह विकेट पर दो सौ संतावन रन के स्कोर से आगे खेलेगी

इंग्लैंड के लिए डोम बेस ने चार और जोफरा आर्चर ने दो विकेट लिये थे

सोलह आयु बालक वर्ग की सौ मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में धीरज कुमार पहाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया चौदह आयु बालक वर्ग में अफरोज अहमद ने ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया

इस उपलब्धि पर झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा और इसके राहत बचाव कार्य की खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर पश्चिम सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र की पहाड़ियों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ नक्सलियों को भी क्षति पहुंचने का दावा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापा है झारखंड के दीपक टोप्पो ने बनाया ने नेशनल रिकॉर्ड इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है